निवेश और विकास के बारे में पांच सदस्यों वाली इस मंत्रिमंडलीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं वहीं रोजगार और कौशल विकास के बारे में मंत्रियों की दस सदस्यों वाली एक और समिति भी गठित की गई है इस समिति में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौशल और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और आवास तथा शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं समिति में अमित शाह निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल और नितिन गडकरी भी शामिल है

बैंक ने कल जारी अपने वैश्विक आर्थिक अनुमान में पिछले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर सात दशमलव दो प्रतिशत बताई थी बुनियादी ढॉचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण सरकारी खरीद में कमी का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है इससे स्पष्ट है कि भारत तेजी से बढ़ रही उभरती अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाये रखेगा

वे हाल में शुरू किए गए हैशटैग सेल्फी विद सेपलिंग अभियान के माध्यंम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे वे फिल्म् उद्योग के जाने माने सितारों से इस अभियान का प्रचार प्रसार करने को कहेंगे

बैंक दरो में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की उम्मीदों के बीच समिति की तीन दिन की बैठक मंगलवार को मुम्बई में शुरू हुई थी आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की ब्याज दरो में और कटौती करने को पूरी गुंजाइश है क्योंकि लगातार पिछले नौ महीनों से मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के मध्यावधि लक्ष्य चार प्रतिशत के नीचे बनी हुई है

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जंगल द्र्गम भूभाग और खराब मौसम के बावजूद तलाशी अभियान का विस्तार किया गया है तलाशी अभियान में विमान और पैदल दस्ते दोनों ही शामिल हैं

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों को भीषण गर्मी के बीच पेयजल परियाजनाओं के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये है श्री गहलोत ने कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि गर्मी के मौसम में सभी ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप थ्री फेज और सिंगल फेज बिजली उपलब्ध कराई जाये

इस मौके पर प्रदेशभर में अनेक कार्यकम आयोजित किये जा रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं श्री गहलोत ने कहा कि प्रताप का स्वाभिमान साहस पराक्रम और त्याग से भेरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि हमें प्रताप के जीवन आदर्शो को आत्मसात करना होगा वहीं प्रताप जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है

सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि ये भूकंप रात करीब साढ़े दस बजे आया हालांकि जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है सिरोही के अलावा जालौर और आसपास के इलाको में भी भूकम्प के झटके महसूस किये गये इससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आये

इधर चूरू में भी पारा काफी ज्यादा बने रहने के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे है वहीं जयप्र में कल की रात सबसे गर्म रही

बढती गर्मी के कारण बिजली और पानी की खपत में भी बढोतरी हुई है विभिन्न स्थानों पर पेयजल की किल्लत हो गई है लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे है तेज गर्मी को देखते हुए राज्य के पंचायतीराज विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं